स्वास्थ्य सलाह फ़लेगशिप केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियाती उपायों का पालन करें मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में लोगों को बड़ी सभाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है वहीं खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अन्य लोगों से संपर्क में आने से बचने को कहा गया है लोगों को बिना हाथ धोये आंख नाक और मुंह का स्पर्श न करने का परामर्श दिया गया है बार बार साबुन पानी से हाथ धोने या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ साफ करने को को कहा गया है खांसते और छींकते समय रूमाल अथवा टिश्यू पेपर का इस्तेरमाल करना चाहिए और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखने की सलाह दी गई है कोरोना प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये हैं राज्य में इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आगामी आदेश तक सभी सरकारी और निजी विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है इस दौरान सभी स्कूलों में आंतरिक वार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं राज्य शिक्षा केन्द्र आयुक्त जयश्री कियावत ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिये हैं सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि आंतरिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली कक्षा पहली से चौथी एवं कक्षा छठवीं तथा सातवीं सहित अन्य सभी आंतरिक वार्षिक परीक्षाएँ आगामी आदेश तक स्थगित रखे

राज्य सरकार ने कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति भी स्थिगित करने के निर्देश दिये है

राज्य में अब तक इस गंभीर बीमारी का कोई भी पॉजीटिव प्रकरण सामने नहीं आया है कोरोना जिले राज्य के सभी जिलों में भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद उज्जैन उमरिया कटनी नीमच मंडला सहित सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है उमरिया जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हाटबाजार और प्रमुख चौराहों पर पोस्टर चिपकार लोगों को जागरूक किया जा रहा है

उधर सतना जिला अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शुक्ला ने कहा कि बीमारी गंभीर है हालांकि सावधानी और सतर्कता से इससे बचा जा सकता है

मौसम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सिवनी उमरिया और सीधी सहित कई जिलों में रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई वहीं प्रष्पराजगढ़ में ओलावृष्टि हुई वहीं मंडला जिले के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से ही रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है उधर सिवनी जिले के सिलादेही लखनवाड़ा नंदोरा सहित कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है उधर सीधी कलेक्टर ने कल गोपदबनास और मझौली तहसील के ओलाप्रभावित गांवों का भ्रमण कर नुकसान का जायजा लिया छिंदवाड़ा जिले के कई विकासखण्डों में बारिश और ओलावुष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है मौसम विभाग ने आज रीवा शहडोल संभागों के साथ ही बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ और रतलाम जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़नें और कहीं कहीं ओलावृष्टि की आशंका जताई है गुलाबी शौचालय देष की स्मार्ट सिटी की सुची में षामिल इंदौर षहर में महिलाओं के लिए एक नवाचार किया जा रहा है इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत षहर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए गुलाबी षौचालय यानि पिंक टॉयलेट बनाने का फैसला किया है गुलाबी रंग के इन अत्याधुनिक षौचालयों का संचालन भी महिलाएं ही करेंगी इंदौर नगर निगम ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है नगर निगम आयुक्त आषीष सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन के तहत षहर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुरुष षौचालय बनाए गए हैं लेकिन इनका उपयोग करने में महिलाएं असहज महसूस कर रहीं थी इसके बाद नगर निगम ने महिलाओं के लिए अलग षौचालय बनाने का निर्णय लिया है इन गुलाबी षौचालयों का निर्माण और संचालन सामुदायिक सहभागिता के आधार पर किया जाएगा